राज्यपाल आचार्य देवव्रत सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसकी अध्यक्षता करेंगे पद्मश्री सुभाष पालेकर शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर कृषकों के साथ परिचर्चा करेंगे

वे कल मंडी में भाजपा की ज़िला स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे गोविन्द ठाकुर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सभी जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे ताकि उन्हें इसका सीधा लाभ मिल सके

रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि किन्नौर के कार्यकारी उपायुक्त अवनिंद्र शर्मा ने कल शाम इस बाबत आदेश जारी किए हैं

उधर बीती रात यात्रा मार्ग में गुफा के समीप एक श्रद्वालु की मौत हो गई

इस बीच प्रदेश में आज भी मौसम खराब बना हुआ है चंबा कांगड़ा लाहौल स्पीति कुल्लू और मंडी जिलों में रूक रूक कर बारिश का कम जारी है वहीं राजधानी शिमला में बादल छाए हुए हैं बारिश के कारण हो रहे भूस्खलन से राज्य में कई स्थानों पर सड़कें अवरूद्व हैं

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने बरसात के कारण हुए नुक्सान से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में भारी बारिश से जिलों का संपर्क कटा

दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है भारी बारिश से सूबे में ऊर्जा उत्पादन पर रोक

अमर उजाला ने खबर दी है डीसी ने विस उपाध्यक्ष की गाड़ी की ओवरटेक विशेषाधिकार हनन को नोटिस गद्दी समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज के मामले पर पंजाब केसरी लिखता है एक माह में जांच पूरी करने के आदेश साक्ष्य पाए जाने पर वीरभद्र सिंह पर होगी एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई दिव्य हिमाचल की एक खबर है फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले टीचर भी ले रहे पेंशन इसी समाचार पत्र के अनुसार दागी अफसरों की सूची से चार बाहर हेल्थ सेकेटरी करेंगे नाहन मेडिकल कॉलेज की जांच शीर्षक से खबर को हिमाचल दस्तक ने प्रमुखता दी है

अजीत समाचार ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना एक ऐतिहासिक कदम एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय शिमला विश्वविद्यालय की साख का सिकंदर में लिखा है कि प्रदेश विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर सिकंदर के समक्ष विश्वविद्यालय की साख बचाना सबसे बड़ी चुनौती है